उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान उपलब्ध कराया जाएगा

जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे बैठक में आगामी लोकसभा च्नाव के लिये पार्टी की तैयारियों और प्रचार रणनीति की समीक्षा की गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री गर्ग को वित्त सचिव बनाने को अनुमोदित कर दिया

इस योजना के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन निशुल्क दिये जाते हैं

उर्स में शामिल होने के लिये जायरीन अजमेर पहुंचने लगे है

तीन सदस्यों के पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफ़ल्ला करेंगे इसके अन्य सदस्य हैं आध्यात्मिक ग़रू श्री श्री रवि शंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचु न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में होगी और यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता पैनल चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दायर करेगा और समूची प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए

इसके लिये चिकित्सा विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है दुर्गम क्षेत्रों में पोलियोरोधी खुराक पिलाने के लिये विशेष बंदोबस्त किये गये है

श्री थानवी की यह नियुक्ति उनके कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि को लिए की गई है

पुरस्कार में उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ एक लाख रुपये की राशि प्रदान की गई

लोक अदालत में आपसी राजीनामे से मामलों को निपटाया जायेगा